उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वन नेशन वन गैस ग्रिड के जरिए ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो गैस आधारित हो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर शिमला के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में प्रदेश की पहली रोटी बनाने वाली मशीन का उदघाटन करेंगे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्दाज स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहेंगे अस्पताल में मरीजों व तीमारदारों को प्रतिदिन निशुल्क लंगर उपलब्ध करवाने वाली नोफल वेलफेयर एन्ड चेरिटेबल सोसाइटी ने इस मशीन को स्थापित किया है इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी करेंगे इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं मौसम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है जिससे समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है

बर्फबारी के कारण घाटी में सभी सड़कें बंद हैं और हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है जिला प्रशासन ने हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है इधर कुल्लू जिले के जलोड़ी जोत में भारी हिमपात से आनी बंजार सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है किन्नौर जिले में भी बर्फबारी का कम जारी है और कई इलाकों में बिजली व यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के फैसलों और मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है चारों जिलों से हटा रात्रि कफ्र्य सूबे में सौ प्रतिशत सवारियों के साथ दौड़ेंगी बसें

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं चारों जिलों में नाईट कफ्र्यू खत्म फाइव डेज वीक भी समाप्त लगातार छह दिन खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर

हिमाचल दस्तक के अनुसार नाइट कफ़र्यू खत्म कोचिंग संस्थान खुले

अजीत समाचार का कहना है पहले की तरह अब सप्ताह में छह दिन तक खुलेंगे सरकारी दफ्तर

पंजाब केसरी की एक खबर है गुड़िया दुष्कर्म मामले में सीबीआई को नोटिस मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में हिमपात पांच जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में तीन एनएच सहित बर्फबारी से सौ से ज्यादा सड़कें बंद दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में आज भी बर्फबारी बारिश

आपका फैसला के मुताबिक पहाड़ों में लगातार भारी बर्फबारी से बढ़ा हिमस्खलन का खतरा